राजधानी ईटानगर से कल वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए एमिटी इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही उन्होंने कहा कि अरुणाचल विभिन्न परंपरा संस्कृति और जनजातियों का प्रदेश है जहां साधारण अच्छे और मेहनती लोग रहते है देश के य्वाओं पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि य्वाओं की वर्तमान पीढ़ी का उज्जवल भविष्य है

नए मामलों में दो चांगलांग से और एक मामला राजधानी क्षेत्र ईटानगर से है इस दौरान कल आठ मरीज स्वस्थ हो गए है और स्वस्थ होने की दर निन्यानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत है

दोरजी खाण्डू कनवेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित इस बैठक में विधायक तेची कासो मेयर तामे फासांग डिप्यूटी मेयर बिरि बासांग सहित नवनिर्वाचित कोरपोरेटर्स और कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक के दौरान राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ ईटानगर स्मार्ट सिटी में सभी आवश्यक सुविधाओं का पारदर्शिता के साथ विकास करने पर चर्चा की गई

इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्रीमती राधिल् चाई तेची ने लैंगिक समानता के बारे में बोलते हए कहा कि प्रदेश में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की जनसंख्या है लेकिन जब संपत्ति और विरासत की बात आती है तो लड़कियों से अधिक लड़कों को अहमियत दिया जाता है उन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ यह विचार भी बदलना चाहिए और लड़कियों को संपत्तियों और विरासत में समान अधिकार मिलना चाहिए

अपने संबोधन में कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में कृषि और बागवानी आधारित उदयोगों में रोजगार की अपार संभावनाएं है उन्होंने देशभर में ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के उद्यमियों से इस क्षेत्र में स्टार्टअप श्रु कर अच्छी आय की संभावनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया कृषि मंत्री ने कहा कि मेगा फ्डपार्क से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

राष्ट्रीय सचिवालय से जारी एक प्रेस विजप्ती में कहा गया है की आय्ष मंत्री श्रीपद नायक का एक सड़क द्र्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती कराए जाने के चलते आय्ष मंत्रालय ने क्छ समय के लिए श्री रिजिज् को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है श्री नायक के स्वस्थ होने तक श्री रिजिजू इस जिम्मेदारी को संभालेंगे

वे छियानबे वर्ष के थे वह उन्नीस सौ सत्तावन से उन्नीस सौ चौहत्तर तक लगातार पांच बार उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य रहे श्री माता प्रसाद साल उन्नीस सौ अस्सी से उन्नीस सौ बानबे तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे श्री प्रसाद ने उन्नीस सौं अद्वासी से नवासी तक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी केंद्र सरकार ने इक्कीस अक्टूबर उन्नीस सौ तिरानबे को उन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और वह इकतीस मई उन्नीस सौ निन्यानबे तक राज्यपाल पद पर रहे बहम्खी प्रतिभा के धनी माता प्रसाद का जन्म ग्यारह अक्ट्रबर उन्नीस सौ चौबीस को उत्तर प्रदेश के जौनप्र जिले में हआ था राज्यपाल डॉबीबीडीमिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त करते हए अरुणाचल प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया है